प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े क्योंकि सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सूचनाएं ऑन लाइन उपलब्ध करा रही है गृहमंत्री नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना आयोग के चौदहवें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत ने सूचना तंत्र को पूरी तरह मजबूत बनाने में सफलता पाई है बाईटअमित शाह हमारी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आरटीआई ऐक्ट ए एक बहत बड़ा मील का पत्थर है और हमारी निरंतर चलने वाली लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है

राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है अब तक लगभग डेढ़ हजार मरीजों में डेंगू की पूष्टि हुयी है सबसे अधिक पटना में लगभग बारह सौ लोग डेंगू से प्रभावित हुये हैं पटना के अलावा भागलपुर नालंदा वैशाली पूर्णिया सारण सीवान मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नवादा खगड़िया मुंगेर गया और औरंगाबाद सबसे अधिक प्रभावित है पीएमसीएच में डेंगू के एक सौ छत्तीस नये मरीज भर्ती किये गये इसके अलावा अब तक लगभग सौ मरीजों में चिकुनगुनिया की भी पुष्टि हुयी है डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुये पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर चूना और एंटीलार्वा के छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग करवायी जा रही है जगह जगह स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया गया है इधर भागलपुर जिले के बाढ़ग्रस्त पीरपैंती प्रखंड के एकचारी दियारा पंचायत में डेंगू और डायरिया की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई है सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार सिंह ने बताया कि बालू टोला गांव की रहने वाली एक महिला समेत दो लोगों की डेंगू से मौत हो गयी वहीं डायरिया की चपेट में आने से इसी पंचायत के छोटी चटैया गांव की एक दंपति की मौत हो गयी पटना के कई क्षेत्रों में अभी भी जलजमाव की स्थिति बनी हुयी है खासकर दानापुर गोला रोड और खेमनीचक के कई इलाकों में पानी लगा हुआ है इधर जल निकासी की मांग को लेकर दानापुर में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया खेमनीचक में भी लोग पानी निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में जल जमाव के दौरान उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलने पर एक वकील की मौत के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार दुबे ने मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुये इस घटना के लिए जिला प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना है दोनों अधिकारियों को पच्चीस अक्तूबर तक जवाब देने को कहा है पटना के जिलाधिकारी ने डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर सभी स्कूलों के बच्चों को पूरे बांह के कपड़े और फुलपैंट पहनने के निर्देश दिये हैं मच्छरों से बचाव के लिए सभी स्कूल प्रबंधनों को सोमवार से उनकी ड्रेस कोड व्यवस्था में बदलाव करने को कहा गया है इसके अलावा सभी स्कूलों को अपने अपने परिसरों में ब्लीचिंग पाउडर और लार्वा को समाप्त करने के लिए दवा का छिड़काव करने का भी निर्देश दिया गया है जहानाबाद में दो गुटों के बीच हुयी हिंसक झड़प के बाद आज तीसरे दिन भी शहर में निषेधाज्ञा लागू है इंटरनेट सेवायें भी अभी तक बहाल नहीं की गयी है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय और गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने जहानाबाद जाकर स्थिति की समीक्षा की दोनों अधिकारियों ने आम लोगों से भी बातचीत की और शांति बनाये रखने तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जहानाबाद में सुरक्षा बल शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर रेल पुलिस बैरक में पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीने के मामले में रेल पुलिस थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह समेत दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है पिछले दिनों इस बैरक के थानाध्यक्ष के समक्ष पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था मामले के सही पाये जाने के बाद मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने निलंबन की कार्रवाई की इधर बेगूसराय स्थित मंडल कारा के एक कक्षपाल को कैदियों से पैसे लेकर उन्हें सिमकार्ड उपलब्ध कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है बीएसएनएल के महाप्रबंधक महेंद्र सिंह धाकड़ ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कंपनी के बंद होने की बात कही जा रही है उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह गलत है और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिये फैलायी जा रही हैं श्री धाकड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएसएनएल अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा थोपे गये इंटर कनेक्ट यूजेज चार्ज के नाम पर छह पैसे प्रति मिनट का शुल्क उपभोक्ताओं से नहीं वसूलेगा भारतीय जीवन बीमा निगम ने सहायकों के सात हजार नौ सौ बयालीस पदों के लिये इक्कीस और बाईस अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है अब यह परीक्षा तीस और इकतीस अक्टूबर को होगी प्रवेश पत्र पंद्रह अक्टूबर को जारी किये जायेंगे महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया गया राजधानी पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी इस अवसर पर श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन किया गया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर समारोहों का आयोजन कर उन्हें याद किया गया दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने पटना के बापू सभागार में आयोजित समारोह में डॉक्टर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर महागठबंधन के नेताओं ने राज्य सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ दस नवम्बर को जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की समारोह में राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी शामिल हुये मालदा रेल मंडल अन्तर्गत मुंगेर जिले के जमालपुर धरहरा रेलवे स्टेशनों के बीच आज दिन दहाड़े एक सवारी गाड़ी में यात्री से लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रेल पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने बताया कि अपराधी ने एक यात्री को गोली मारकर घायल कर दिया और उससे चार लाख रूपये लूट लिये बाद में सूचना पाकर कार्रवाई करते हुये अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया उन्होंने कहा कि लूट की राशि भी बरामद कर ली गयी है गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के भुसभुसिया गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली कपिल यादव को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी वैशाली जिले के बलिगांव थाना क्षेत्र के दीघा गांव के पास दो सवारी गाड़ियों के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गये इधर अररिया जिले में रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर वृक्ष वाटिका के पास एक ऑटोरिक्शा के पलट जाने से दस छात्रायें घायल हो गयी गोपालगंज जिले में फुलवारिया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गोपाल में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गयी बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के यातायात चौक के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने गांधी संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में आज कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की पदयात्रा के दौरान उन्होंने जगह जगह पर सफाई अभियान चलाने के साथ ही व्रक्षारोपण भी किया

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी